मुख्यमंत्री आज शिमला के मैहली के निकट गुसान गांव में गायत्री चेतना केन्द्र के भूमि पूजन के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है इसी के चलते सरकार ने राज्य में संस्कृत को प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये केन्द्र समाज में समुद्द परम्पराओं और मूल्यों को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा रिपोर्ट प्रदेश में पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थी भाषा और गणित में देशभर में उच्च स्थान पर हैं और राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का सीखने का स्तर निजी स्कूलों से बेहतर है ये खुलासा देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की स्कूली शिक्षा और प्रतिनिधि नमूनों पर आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट में हुआ है

सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में युवाओं को नशे से दूर रखने तथा नशे में लिप्त युवाओं के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं सुरेश भारद्वाज आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की नेहरा पंचायत के घरोग गांव में मोक्ष फाउंडेशन द्वारा स्थापित नशा मुक्ति केन्द्र में आयोजित नशा निवारण कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही युवा नवजीवन बोर्ड की स्थापना करेगी इसके माध्यम से मादक पदार्थों के प्रयोग की रोकथाम व नशाग्रस्त युवाओं की नशामुक्ति व पुनर्वास के लिए प्रभावी नीतियां बनाई जाएंगी

एनएच के रामपुर स्थित अधिशाषी अभियंता प्रकाश नेगी ने बताया कि लगातार भूस्खलन के चलते फिलहाल इस मार्ग को बहाल करना मुश्किल है उन्होंने ये भी कहा कि भूस्खलन के कारण एनजेपीसी पावर प्रोजेक्ट की ओर जाने वाला मार्ग भी अवरूद्व हो गया है महिला कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि महिला कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण संगठन है जिसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारी के साथ साथ पार्टी को मज़बूत करने का भी अहम दायित्व है महिला कांग्रेस की आज शिमला में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए राठौर ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत महिला कांग्रेस को संगठित होकर आगे आने का आहवान किया ताकि चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित की जा सके बैठक को प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने भी संबोधित किया

इसमें से एक सौ करोड़ रूपए की लागत से केवल सड़कों और पुलों का निर्माण हो रहा है वीरेन्द्र कंवर आज कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पलाहटा में कोठी गैहरा सड़क के निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस सड़क के बन जाने से क्षेत्र के सैंकड़ों लोगों को फायदा होगा

इस बीच आज दोपहर बाद से लाहौल स्पीति किन्नौर तथा चम्बा ज़िला के पांगी तथा भरमौर की उंची पहाड़ियों पर रूक रूक कर बर्फबारी हो रही है जिससे इन क्षेत्रों में फिर से लोगों को खून जमा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है खराब मौसम के कारण आज लाहौल स्पीति और पांगी के लिए हैलीकॉप्टर की उड़ानें भी नहीं हो पाई